वे आज शिमला में सड़क सुरक्षा माह के आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आम लोगों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए जयराम ठाकुर ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मीडिया का अधिकतम उपयोग करने पर भी बल दिया मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की जुरूरत बताई उन्होंने सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनजातीय व बर्फबारी वाले इलाकों में कोरोना वैक्सीन हवाई मार्ग से पहुंचाई जाएगी प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए शिमला में राज्य स्तरीय और धर्मशाला व मंडी में रीजनल सैंटर बनाए गए हैं मकर सकांति मकर सकांति का त्यौहार आज प्रदेशभर में ध्मधाम से मनाया गया इसे देवी देवताओं का प्रकाश पर्व भी माना जाता है आज से ही सूर्य का उत्तरायण भी आरंभ हो गया है मकर सकांति के मौके पर लोग धार्मिक सरोवरों में स्नान सहित तुलादान भी करते हैं कुल्लू में मकर सकांति के अवसर पर भगवान रघुनाथ मंदिर में खिचड़ी का त्यौहार मनाया गया इस दौरान भगवान रघुनाथ को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाकर उसे श्रद्वालुओं में बांटा गया इधर सोलन जिले में लोगों ने मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना कर सभी की ख्रशहाली की कामना की इस दौरान लोगों ने अपने घरों में खिचड़ी बनाई और भगवान को इसका भोग लगाया े हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते ये त्यौहार सूक्ष्म रूप से मनाया गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में उपस्थित रहेंगे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे मण्डी में होने वाले जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार धर्मशाला में जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर केलंग में तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा समारोह की अध्यक्षता करेंगे ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर सिरमौर उद्योग मंत्री विकम सिंह ऊना शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर हमीरपुर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल कुल्लू ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी रिकांगपिओ वन मंत्री राकेश पठानिया सोलन खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग चंबा जबकि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बिलासपुर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे मेंट भारत संचार निगम लिमिटिड बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक जसविंद्र सिंह सहोता ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में निगम की वर्तमान स्थिति और अन्य गतिविधियों से अवगत करवाया युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस ने सरकार से बीते दिनों शिमला में अपनी जान गंवाने वाले पुलिस जवान वीरेन्द्र कुमार को शहीद का दर्जा देने की मांग की है शिमला से जारी एक बयान में युवा कांग्रेस के कार्यकारी हुआ है अध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकारी देने का भी आग्रह किया है